प्रदेश में कोविड उन्नीस के नौ और संदिग्ध मरीज मिले

कोविड उन्नीस के संदिग्ध मरीजों को अलग थलग रखने के लिए पटना में पांच हजार बेड वाला विशेष केन्द्र बनाया जायेगा केन्द्र सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने इस सेंटर के निर्माण के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की सभी सम्बद्ध विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद इस केन्द्र का निर्माण कार्य आज से शुरू हो जाने की सम्भावना है कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट और पटना उच्च न्यायालय में आज से इकतीस मार्च तक केवल जरूरी मामलों की सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में छह पीठें काम करेंगी वहीं पटना हाई कोर्ट में केवल जरूरी जमानत अर्जियों पर ही सुनवाई होगी मुख्य न्यायाधीश संजय करोल के साथ तीन अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति की बैठक में यह फैसला किया गया अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति के अध्यक्ष योगेश चन्द्र वर्मा ने बताया कि इस अवधि के दौरान जनहित याचिकाओं समेत अन्य मामलों की सुनवाई नहीं होगी वहीं अग्रिम जमानत याचिका आपराधिक मामलों की अपील सिविल और रिट के मामले भी दाखिल नहीं किये जायेंगे उन्होंने बताया कि न्यायालय परिसर में सिर्फ वही अधिवक्ता आयेंगे जिनके मामले की सुनवाई होनी है आम लोगों का हाई कोर्ट परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा न्यायालय के दो मुख्य द्वार पर कोरोना वायरस की जांच के लिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गयी है इधर पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालतों में भीड़ भाड़ कम करने के उद्देश्य से कई निर्देश जारी किये हैं उच्च न्यायालय ने कहा है कि इकतीस मार्च तक यदि कोई पक्षकार अनुपस्थित रहता है तो उस मामले में कोई विपरीत आदेश नहीं पारित किया जायेगा जरूरी नहीं होने पर इस अवधि तक मुवक्किल और अभियुक्त को कोर्ट में नहीं बुलाने को कहा गया है साथ ही आपराधिक मामलों में व्यक्तिगत उपस्थिति पर रोक लगा दी गयी है उच्च न्यायालय ने कहा है कि इकतीस मार्च तक किसी भी केस की अंतिम सुनवाई नहीं होगी साथ ही निचली अदालतों में अभी किसी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन पर भी रोक लगा दी गयी है प्रदेश में कोविड उन्नीस के नौ और संदिग्ध मरीज मिले हैं पश्चिम चम्पारण के रामनगर में दो सगे भाईयों समेत तीन और छपरा गोपालगंज लखीसराय तथा बांका में एक एक संदिग्ध मरीज भर्ती कराये गये हैं मोतिहारी में भी दो संदिग्ध मरीजों की पहचान हुई है इधर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा है कि अभी तक किसी भी संदिग्ध मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आयी है श्री कुमार ने लोगों से कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर नहीं घबराने की अपील की है

हमें भयभीत नहीं होना है लेकिन हमें सजग रहना है अभी राज्य सरकार ने भी यह निर्णय लिया है कि अभी जो सामाजिक दूरियां हैं जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा वो अत्यावश्यक है कहीं पर भीड़ न हो हम अनावश्यक कहीं न जाए यदि नहीं जाना हो तो और ऐसी जगहों से बचें जहां भीड़ होती है सतर्कता आवश्यक है सामाजिक दूरियां बनाये और पर्सनल हाइजीन को अच्छा रखें तो मैं समझता हूँ कि काफी हद तक कारगर होगा

इधर नवादा अरवल और किशनगंज जिले में भी ऐहतियात के तौर पर धारा एक सौ चौवालीस लागू कर दी गयी है होली की छुट्टियों के बाद बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से एक बार फिर शुरू हो रहा है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बताया कि कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस बात को लेकर विचार विमर्श किया जायेगा कि सत्र आगे चलाया जाये या नहीं सूत्रों ने बताया कि विधानसभा स्थगित करने से पहले समस्त विधायी कार्य निपटा लिये जायेंगे रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे से कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के एहतियाती उपाय के तौर पर रेलगाड़ियों से पर्दे और कम्बल हटा लेने का निर्देश दिया है बोर्ड ने एसी रेलगाडियों में न्यूनतम तापमान चौबीस से पच्चीस डिग्री सेल्सियस रखने को कहा है फर्स्ट एसी कोच में मांगे जाने पर बिल्कुल साफ धुले हुए कवर के साथ कम्बल उपलब्ध कराने को कहा गया है कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ बोर्ड ने सावधानी बरतते हुए आवश्यक कदम उठाए हैं तीर्थ बोर्ड ने अनिवासी भारतीयों विदेशियों तथा अन्य यात्रियों को भारत में आने के बाद अगले अठाईस दिन तक तीर्थ यात्रा नहीं करने की सलाह दी है घरेलू यात्रियों को भी खांसी बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने पर तीर्थ की यात्रा टालने या नहीं आने की सलाह दी गई है कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये प्रदेश के सभी कौशल विकास केन्द्रों को इकतीस मार्च तक बंद कर दिया गया है इधर भाकपा माले ने भी इस महीने के अंत तक अपने सभी कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला किया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें बाईट स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि बड़ी सभाओं में हिस्सा लेने से बचें यदि किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें आंख नाक और मृह को बिना हाथ धोये स्पर्श न करें हांथों को बार बार साबुन पानी से धोएं या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें खांसते और छींकते समय नाक और मृंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए बुखार आने सांस लने में कठिनाई होने और खांसी की स्थिति में तत्काल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहनें या मुंह और नाक को कपडे से ढककर रखें

डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अब लेन देन के लिए पिन को अनिवार्य कर दिया गया है रिजर्व बैंक के निर्देश पर यह व्यवस्था आज से प्रभावी हो गयी है नये नियमों के अनुसार अब सिर्फ एटीएम और प्वाइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर ही डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने की सुविधा होगी रेडियो फ्रिक्वेंसी की सुविधा वाले कार्ड पर बिना स्वाइप के ही दो हजार रूपये तक का लेन देन नहीं हो सकेगा नये निर्देशों के अनुसार ग्राहकों को अपने कार्ड को विदेश यात्रा के दौरान सक्रिय रखने के लिए बैंक में अलग से आवेदन देना होगा अमृतसर से पटना के लिए उनतीस मार्च से प्रतिदिन विमान सेवा की सुविधा उपलब्ध रहेगी अभी यह सुविधा सप्ताह में चार दिन है बेगूसराय जिले के फुलवारिया थाना क्षेत्र के सिंधिया चौक के पास एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर ओलावृष्टि और वजपात की घटना में नौ सौ पैंतीस भेड़ों की मौत हो गयी पूर्वी चम्पारण जिले के केसरिया थाना क्षेत्र अन्तर्गत जगीरहा स्थित पेट्रोल पम्प से अपराधियों ने हथियार के बल पर तीन लाख रूपये लूट लिये अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए किये जा उपायों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है कोरोना से सार्क देश साथ मिलकर लड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जानलेवा वायरस से निपटने के लिए वीडियो कांफ्रेस के जरिये चर्चा की दैनिक भास्कर ने लिखा है आज से ग्रुप सी डी के आधे सरकारी कर्मी एक दिन और आधे दूसरे दिन आयेंगे दफ्तर दैनिक जागरण की सुर्खी है अस्पताल छोड़कर भागने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई प्रभात खबर ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द बहाल होगा राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है गुजरात में कांग्रेस के चार विधायकों का इस्तीफा आज की सुर्खी है अनंतनाग में चार आतंकी ढेर

प्रदेश में कोविड उन्नीस के नौ और संदिग्ध मरीज मिले